इस फैसले की काफी समय से प्रतीक्षा थी आधार योजना की संवैधानिक वैधता और इस लागू करने संबंधी दो हजार सोलह के कानून को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर न्यायालय ने यह फैसला दिया प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि आधार योजना का उद्देश्य समाज के बेहद पिछड़े वर्गो तक लाभ पहुंचाना है क्योंकि विशिष्ठ पहचान प्रमाण इन वर्गों को सशक्त बनाता है और इन्हें पहचान देता है न्यायालय ने कहा कि यह योजना अनूठी है तथा सर्वश्रेष्ठ होने से अनूठा होना कहीं अच्छा है न्यायालय ने आधार अधिनियम की धारा सत्तावन समाप्त कर दी जिसके तहत निजी कंपनियां आधार डाटा मांग सकती थी लेकिन न्यायालय ने कहा है कि सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए विशिष्ठ पहचान संख्या जरुरी होगी न्यायालय ने कहा कि डुप्लिकेट आधार प्राप्त करने की कोई संभावना नही है क्योंकि आधार योजना की तहत प्रमाणीकरण के लिए समुचित सुरक्षा तंत्र है न्यायालय ने कहा है कि आधार कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे व्यक्ति के नीजता की अधिकार का उलंघन होता हो संविधान पीठ ने अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद की धारा समाप्त कर दी और सरकार को निर्देश दिया कि देश में अवैध रुप से आने वालों को आधार जारी न किया जाये सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य नहीं है और द्रसंचार सेवा प्रदाता आधार से जोड़ने के लिए नहीं कह सकते लेकिन आयकर रिटर्न भरने और स्थानीय खाता संख्या पैन का आवेदन करने के लिए यह अनिवार्य होगा मूख्यमंत्री पेमा खांड् ने आज वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिए राज्य के जिला उपायुक्तों के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रायोजित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की राष्ट्रीय सूचना केंद्र एन आई सी की सहायता से मुख्यमंत्री कार्यालय ने महत्वपूर्ण योजनाओ के निगरानी के लिए एक एप उन्नति को विकसित किया है मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों से प्रायोजित योजनाओं के अमल में सुधार करने का निर्देश देते हुए कहा कि समीक्षा बैठक प्रत्येक महीने आयोजित की जायेगी सरकार आपके द्वार योजना में वेस्ट कामेंग जिले के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने जिले के प्राधिकारियों से वेश लाईन सर्वे के आधार पर कार्यक्रमो को प्रभावी तरीके से लागू करने को कहा मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों से आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री अरुणाचल आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का अधिक से अधिक नामांकन करने और सरकारी खरीद के लिए जेम पोर्टल का उपयोग करने का आग्रह किया राज्य के मुख्य सचिव सत्य गोपाल ने आज राज्य सचिवालय में भारतीय स्टेट बैंक की पूर्वोत्तर सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार टंडन के साथ वित्तीय समावेशन और क्रेडिट डिपॉजिट रेसियो पर चर्चा हुई मुख्यसचिव ने बैठक के दौरान तिरप चांगलांग सेप्पा नामसाई सहित राज्य के कई अन्य जिलों के बैंको में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि इसके चलते भारतीय स्टेट बैंक की इन शाखाओं द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित वित्तीय समावेशन की योजनाओं का लाभ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों को प्रभावी तरीके से नही मिल पा रहा है मुख्यसचिव ने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें बैंको की भी महत्वपूर्ण भूमिका है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि वे संसदीय और विधान सभा चुनाव में उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने के खिलाफ है और यह संस्कृति लोकतांत्रिक भावना के भी विरुद्ध है कल ईटानगर में प्रदेश भाजपा यूवा मोर्चा द्वारा आयोजित तीन दिवसीय युवा सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने पिछले विधान सभा चूनाव के दौरान ग्यारह उम्मीदवारों के निर्विरोध चूने जाने का हवाला दिया

शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आरक्षण का लाभ देने के लिए एस सी एस टी की कुल आबादी पर विचार किया जाए